उन्होंने देशवासियों से दीपावली के मौके पर एक दीया भारत के बीर सपूतों के सम्मान में जलाने का अन्रोध किया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों में रंग भरने है इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल इंदिरा गांधी और महर्षि वाल्मिकी को भी याद किया उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नई संभावनाए बनते देख हमारे युवा भी काफी संख्या में इससे जूड़ने लगे है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश प्रतिभाओं से भरा हुआ है उन्होंने लोगो से प्रतिभावान लोगों के बारे में बात करने लिखने और उनकी सफलताओ को शेयर करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के कई लोगों में पढ़ने लिखने की ख्शियां साझा करने का एक अनोखा ज्नून है पी एम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के निरजूली के रायो विलेज में नुरुंग मीना द्वारा स्थापित स्ट्रीट लाईब्रेरी का जिक्र करते हुए कहा कि चौबीसो घंटे ख्ली रहने वाली यह लाईब्रेरी प्स्तक पढ़ने के लिए लोगो को प्रोत्साहित करने और इसके द्वारा गरीब बच्चों को भी प्स्तके उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास सराहनीय है न्रुंग मीना ने मन की कार्यक्रम में स्ट्रीट लाइब्रेरी को शामिल करने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे उन्हे इस अभियान को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली है

विजयदशमी या दशहरा पर्व रावण पर प्रभ् राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है यह ब्राई पर अच्छाई अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय प्रतीक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंड उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगो को विजयादशमी की श्भकामनाए दी है विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के स्कना युद्ध स्मारक में शस्त्र प्जा की इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए श्री सिंह ने कहा कि हमारी सेना किसी को भी देश की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नही करने देगी रक्षा मंत्री के साथ शस्त्र पूजन के दौरान सेना प्रम्ख जनरल मनोज म्कृंद नरवणे सहित सेना कई अधिकारी और जवान मौजूद थे उन्होंने जिस स्थान पर शस्त्र पूजन किया वहा से वास्तविक नियत्रण रेखा दो किलोमीटर से भी कम दूरी पर है रक्षा मंत्री ने एन एच तीन सौ दस पर एक वैकल्पिक मार्ग का भी उद्घाटन किया यह मार्ग सिक्किम की राजधानी गंगटोक को नाथ्ला के साथ जोड़ता है

अब तक सत्तर लाख अठहत्तर हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो च्के हैं देश में इस समय क्ल छह लाख अड़सठ हजार एक सौ चौवन मरीजों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग बासठ हजार रोगी स्वस्थ हुए इस दौरान करीब पचास हजार लोग संक्रमित हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्सार देशभर में स्वास्थ्य संबंधी ब्नियादी ढांचे में वृद्धि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के मानक उपचार प्रोटोकोल का कार्यान्वयन और डॉक्टरों अन्य स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के संपूर्ण समर्पण और प्रतिबद्वता के कारण स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है

जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान एक सौ अड़सठ मरीज स्वस्थ ह्ए है राज्य में कोविड से ठीक होने वाले की दर बढ़कर बयासी दशमलव नौ शून्य प्रतिशत हो गई है जबकि अब तक क्ल ग्यारह हजार सात सौ से ज्यादा मरीज ठीक हो च्के है राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग चौबीस सौ रह गई है